चम्बा जिले की पांगी घाटी के बर्फबारी से प्रभावित मूर्छ गांव के लिए सेना के हेलिकॉप्टरों के माध्यम से पहुंचाई गई खाद्य सामग्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार

मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोआ में अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने यह बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं और शिकायतों का निपटारा उनके घर द्वार के समीप किया जा रहा है

इस बीच मुख्यमंत्री ने सरोआ में सराज भाजपा मंडल की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यकर्त्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जुटने का आहवान भी किया

मुख्यमंत्री ने इन सभी को पार्टी में मान सम्मान देने का आश्वासन दिया जयराम ठाक्र ने कहा कि अब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट हो रहे हैं जो क्षेत्र के लिए गर्व की बात है वन मंत्री गोविंद ठाकुर सांसद रामस्वरूप शर्मा और विधायक विनोद कुमार व जवाहर ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने सरोआ में उठाऊ सिंचाई योजना का शिलान्यास भी किया

इस मौके मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड़्डा सहित केबिनेट मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगे इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के अलावा लोगों को सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलेगी

उन्होंने आज कुल्लू ज़िले की खराहल घाटी के बारी पधरू में उठाऊ सिंचाई योजना का शिलान्यास किया बाद में पत्रकारों से बातचीत में महेंद्र सिंह ठाक्र ने बताया कि सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भूमि कटाव रोकने के लिए विदेशी निवेश की सहायता से प्रदेश में दो बड़ी परियोजनाएं लाई गई हैं

बाद में महेंद्र सिंह ठाकुर ने मणीकर्ण घाटी के शाट व फाटीचोंग में भी उठाऊ सिंचाई योजना की आधारशिला रखी

वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है उन्होंने कहा राज्य सरकार ने बंदरों द्वारा फसलों व मनुष्य को क्षति पहुंचाने का मामला कई बार केंद्र के समक्ष उठाया था गोविंद ठाकुर ने कहा कि इससे प्रदेशवासियों खासतौर पर किसानों व बागवानों को काफी राहत मिलेगी उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में सड़क परिवहन यातायात का मुख्य साधन है और राज्य सरकार लोगों को सुरक्षित व सुविधाजनक परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्द है शाहपुर में दो करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राज्जीय बस स्टैंड के शिलान्यास के बाद आज एक जनसभा में उन्होंने यह बात कही सरवीण चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य पेयजल शिक्षा और सड़क सुविधा मुहैया करवाना उनकी प्राथमिकता है खाद्य सामग्री चम्बा जिले में जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की सेचू पंचायत में हिमस्खलन से प्रभावित मूर्छ गांव के लिए आज सेना के हेलिकॉप्टरों के माध्यम से खाद्य सामग्री सहित अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाई गई जिला उपायुक्त हरिकेश मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सेना के दो हेलिकॉप्टरों के जरिए गांव के लिए करीब तीन क्विंटल राशन पहुंचाया गया इसके अलावा पांगी से कुछ रोगियों को भी बाहर लाया गया उपायुक्त ने बताया कि कल भी घाटी के किलाड़ व अजोग सहित अन्य हेलिपेडों के लिए हेलिकॉप्टर उड़ान करवाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को घाटी से बाहर लाया जा सके

सेचू पंचायत की प्रधान चंचला देवी ने राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है

स्थानीय निवासियों ने सरकार से विद्युत आपूर्ति जल्द बहाल करने की मांग की है

पंचायत प्रधान संघ के अध्यक्ष सत प्रकाश ने घाटी के सभी हेलिपैडों के लिए हेलिकॉप्टर उड़ान करवाने की सरकार से मांग की है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा द्ररदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित होगा इसी तरह यह कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट आई एन और न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर भी उपलब्ध रहेगा

राजीव बिंदल ने चाकली पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत घर के सभागार की आधारशिला भी रखी उन्होंने क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाना अपनी प्राथमिकता बताया और कहा कि विकास कार्यों पर धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत ढांचा सुदृढ़ हो रहा है ऊना जिला के थानाकलां में आज सांसद स्वास्थ्य मेले के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने यह बात कही वीरेंद्र कंवर ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में स्वास्थ्य कार्ड धारकों के लिए हैल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए

अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विकास कार्यो का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक कार्यक्रम व योजनाएं शुरू की है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है उन्होंने भोरंज में ब्लॉक समिति के मिटिंग हॉल और मनोह गांव में सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया

जिला उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया है कि रेस्कयू ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी है मगर बर्फ में दबे जवानों का आज भी कोई पता नहीं चल पाया है

यह उड़ाने मौसम पर निर्भर करेगी